यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक किया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहत से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लडकियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है आज भी हमारे देश में एक हजार बालक पैदा हो तो उसके सामने एक हजार बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए वर्ना संसार चक्र नहीं चल सकता आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है

एक संदेश में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओं अभियान के कारण स्कूलों में लडकियों के दाखिले बढे हैं तथा लडके लडकियों के अनुपात में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार लडकियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बघाई दी हैं अपने टवीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेटियां हमारा गर्व और स्वामिमान हैं प्रदेश की प्रगति में बेटियों का अप्रतिम योगदान है प्रत्येक बालिका के सर्वागीण विकास के लिये प्रदेश सरकार संकल्पित है प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है उत्तर प्रदेश दिवस का यह चौथा संस्करण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनने के बाद ही यह कार्यक्रम शुरू हआ था हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कार्यक्रम छब्बीस जनकरी तक चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लखनऊ के स्थानीय सांसद और रबा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य लोगों ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शमकामनाएं दी हैं

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एमएसएमई विभाग की उद्यम सास्वी नामक एक ऐप का अनवारण किया यह ऐप युवाओं को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में एक मास्टर की के रूप में कार्य करेगा जहां एक क्लिक पर उन्हें रोजगार से संबंधित सारी जानकारिया प्राप्त हो जाएगी उन्होंने इस अवसर पर खेल कृषि डेयरी उद्योग और संस्कृति सहित अन्य विमाग के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए

बवितरित किए एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में अब तक पन्द्रह लाख बयासी हजार दो सौ एक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में एक लाख इक्यानबे हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में पिछली बाईस जनवरी को एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया अपर मृख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया है कि टीकाकरण का कार्य अगले सप्ताह से प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार की कोविड संक्रमणको नियंत्रित करने की कार्ययोजना कारगर सिद्व होगी इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर छानबे दशमलव आठ तीन प्रतिशत हो गई है पिछले एक दिन में कोविड के संक्रमण से पन्द्रह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हए हैं अब तक कल एक करोड तीन लाख से अधिक लोग कोविड के संक्रमण से ठीक हो चुके है इस समय देश में क्ल रोगियों की संख्या एक लाख चौरासी हजार चार सौ आठ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटो में देश में कोविड के चौदह हजार आठ सौ उन्वास नए रोगी सामने आए हैं पिछले एक दिन में कोविड से एक सौ पचपन लोगों की मौत हई है इसके साथ ही देश में अब तक एक लाख तिरपन हजार तीन सौ उन्तालीस लोग कोविड से जान गवां चके है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकतीस जनकरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं